उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है और हमें देश से सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करने का लक्ष्य हासिल करना होगा

प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत अब खुले में शौच से मुक्त हैं उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में साठ करोड़ से अधिक लोगों के लिए ग्यारह करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण भारत भी खुले में शौच से मुक्त हो गया है उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की यह एक बड़ी उपलब्धि है जिसमें लोगों की भागीदारी है विधानसभा उपच्नाव धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए आज नाम वापिस लिए जा सकेंगे

अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर अपने हिमाचल दौरे के दौरान आज हमीरपुर में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बड़ में आयोजित किए जाने वाले ग्राहक मेले का श्भारंभ करेंगे बाद में वे मंडी के पड़ल मैदान में भी ग्राहक मेले का श्भारंभ करेंगे और जनसमस्याएं भी सुनेंगे अनुराग ठाकुर कल शिमला और सोलन में भी ग्राहक मेले का शुभारंभ करेंगे आभार चम्बा ज़िले के पांगी क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार से रज्जु मार्ग परियोजना स्वीकृत करवाने के लिए भरमौर के विधायक जियालाल कपूर ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है उन्होंने कहा कि ये रज्जु मार्ग पांगी क्षेत्र को वर्षभर यातायात से जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाएगा नवरात्र शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन आज मां दुर्गा के स्कन्दमाता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है माता का ये स्वरूप नारीशक्ति और मातुशक्ति का सजीव चरित्र है नवरात्र के चलते इन दिनों प्रदेश के शक्तिपीठों सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है श्रद्वालुओं की सुविधा को देखते हुए धार्मिक स्थलों के लिए विशेष बसों का प्रावधान भी किया गया है

सेना भर्ती कार्यालय मण्डी के अनुसार ये भर्ती सैनिक सामान्य ड्यूटी सैनिक लिपिक स्टोरकीपर और सिपाही फार्मा पद के लिए होगी एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने पच्छाद से भाजपा के बागी उम्मीदवारों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है पच्छाद में बागी प्रत्याशियों को मनाने में भाजपा कामयाब दिव्य हिमाचल लिखता है पच्छाद में डैमेज कंट्रोल में जुटे सीएम भाजपा के बागियों को मनाने के लिए ओकओवर में मंथन दयाल प्यारी नाम वापस लेने को तैयार दैनिक जागरण का शीर्षक है भाजपा को राहत पच्छाद में नाराजगी दूर हिमाचल दस्तक के अनुसार आशीष सिक्टा वापस लेंगे नामांकन मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बदला फैसला

जबकि दिव्य हिमाचल लिखता है कांगड़ा पॉलीटैक्नीक कॉलेज में नाबालिग छात्र से रैगिंग दैनिक जागरण के शब्द हैं बहुतकनीकी संस्थान कांगड़ा में रैगिंग तीनों आरोपित प्रशिक्षु निलंबित हॉस्टल छोड़ने के निर्देश आपका फैसला के मुताबिक पीड़ित की शिकायत के बाद छुट्टी होने के बावजूद बुलाई एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है कुल्लू दशहरे में दो हजार बजंतरी सुख शांति व स्वच्छता का देंगे संदेश अफसरों की मिलीभगत से हुआ हिंदुस्तान पेट्रोलियम में करोड़ों का घोटाला शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है चार्जशीट दाखिल पंजाब से हिमाचल तक जुड़े थे तार